उन्होंने प्रधानमंत्री से केन्द्रीय सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं को लेकर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने लंबित परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति सहित राज्य सरकार को उदार सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने इसी माह हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के शुभारंभ पर धर्मशाला आने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया

ये जानकारी सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज विभिन्न स्थानों पर आयोजित जनसभाओं में दी उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण कार्य में जिन लोगों की जमीन और घर आ रहे हैं उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने दुग्ध उत्पादन में मैलामाईन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है लोकसभा में शून्य काल के दौरान उन्होंने कहा कि मैलामाईन एक धीमा ज़हर है और इसकी मिलावट दूध दुग्ध उत्पादों सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा पशु आहार में भी की जाती है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इन मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से गुरदे की पत्थरी और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है उन्होंने बच्चों और पशु धन को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इस दिशा में जल्द उचित कदम उठाने का आग्रह किया है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रतिदिन आधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है क्षेत्र के राजकीय विद्यालय टक्का के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ पहले पिछड़े विधानसभा क्षेत्रों में गिना जाता था लेकिन अब इलाके में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं समारोह में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर लोगों से नशे से दूर रहने का आहवान किया भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए संस्कारयुक्त व नैतिक शिक्षा को बेहद जरूरी बताया है शिमला के घणाहट्टी में आज एक निजी स्कूल के समारोह में उन्होंने कहा कि निजी व सरकारी स्कूलों को गुणात्मक शिक्षा देकर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए सुरेश भारद्वाज ने बताया कि देश के विद्यार्थियों का शिक्षा ग्रहण करने के पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है मुख्य न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने कहा है कि निर्धन व शोषित वर्गों को न्याय दिलाना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है वे आज शिमला के समीप प्रदेश न्यायिक संस्थान सोलह मील में एक कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के माध्यम से ही शोषित वर्गों को मुख्य धारा में शामिल कर समावेशी समाज का निर्माण संभव है वीरभद्र सिंह कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग करने के पार्टी हाईकमान के निर्णय को उचित ठहराया है एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश में पार्टी को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है वीरभद्र सिंह ने कहा कि पिछले करीब एक वर्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी की मजबूती के लिए सराहनीय कार्य किया है उन्होंने नई कार्यकारिणी के लिए निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे लाने की सलाह दी है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा